इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित होने वाले इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पश्पालन एवं डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल कृषि मंत्री कमल पटेल पंचायत मंत्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया और ऊर्जा मंत्री प्रद्यूम्न सिंह भी मौजूद हैं

यह देश की दूसरी अपनी तरह की प्रयोगशाला है पहली प्रयोगशाला उत्तराखण्ड के ऋषिकेश में स्थापित की गई है रेल विदयुतीकरण पश्चिम मध्य रेलवे देश का ऐसा पहला रेल जोन बन गया हैं जहां सर्वप्रथम रेल विद्युतीकरण हो च्का है इस सेक्शन के पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिफाइड होने के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर यह उपलब्धि हासिल करने पर बधाई दी है

उन्होंने कहा कि शत प्रतिशत विद्य्तीकरण करण से जहां एक ओर ट्रेनों की स्पीड बढ़ी है वहीं करीब सौं करोड़ रुपए के डीजल खर्च में बचत के साथ ही प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी

मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरुरी नमस्कार